चार सितम्बर तक बाढ़ प्रभावित जिलों का करेगी दौरा

अठासी प्रतिशत मरीज हुये स्वस्थ

बिहार में बाढ़ से हुये नुकसान का जायजा लेने केन्द्रीय गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव पीयूष गोयल के नेतृत्व में केन्द्रीय टीम आज पटना आ रही है छह सदस्यीय यह टीम चार सितम्बर तक बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा करेगी और इससे हुये नुकसान का जायजा लेगी यह टीम राज्य मुख्य सचिव के साथ बैठक में बाढ़ से हुये नुकसान पर चर्चा करेगी ग्रामीण कार्य विभाग बाढ़ से क्षतिग्रस्त ग्रामीण सड़कों का ब्यौरा भी केन्द्रीय टीम के समक्ष रखेगा प्रदेश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने की दर बढ़कर अठासी प्रतिशत हो गयी है यह राष्ट्रीय औसत से ग्यारह प्रतिशत अधिक है पिछले चौबीस घंटे में दो हजार उनतीस रोगियों को उपचार के बाद छूट्टी दी गयी अब तक एक लाख इक्कीस हजार छह सौ एक मरीज स्वस्थ हो च्रके हैं वहीं सक्रिय मामलों की संख्या पन्द्रह हजार नौ सौ चौवन है राज्य में अबतक कोरोना संक्रमण से सात सौ नौ लोगों की मौत हो चुकी है स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले चौबीस घंटों में कुल एक लाख पन्द्रह हजार कोरोना टेस्ट किये गये जिसमें एक हजार नौ सौ अट्ठाईस व्यक्तिों में संक्रमण की पुष्टि हुई है इस प्रकार संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर एक लाख अड़तीस हजार दो सौ पैंसठ हो गयी है सबसे अधिक दो सौ अंठानवे मामले पटना से सामने आये हैं मध्रबनी से एक सौ तेरह अररिया से एक सौ तीन मुजफ्फरपुर से तिरासी और सुपौल से सतहत्तर मामलों की पुष्टि हुई है इसके अलावा अन्य जिलों से भी पॉजिटिव मामले सामने आये हैं कोविड उन्नीस से निपटने के लिये उठाये जा रहे कदमों और अनलॉक चार के दिशा निर्देशों के उल्लंघन के आरोप में पिछले चौबीस घंटे में चार सौ अठारह वाहन जब्त किये गये हैं अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय जितेन्द्र कुमार ने कहा कि इस दौरान इक्कीस लाख अठारह हजार एक सौ रुपए की राशि जुर्माने के रूप में वसूल की गई है साथ ही दो प्राथमिकी दर्ज कर दस लोगों को गिरफ्तार किया गया है श्री कुमार ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने वाले तीन हजार तीन सौ उनतीस लोगों से एक लाख छियासठ हजार रुपए से अधिक की राशि जुर्माने के रूप में वसूल की गयी है दिल्ली स्थित सफदरजंग अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर एम के सेन ने आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए कहा कि लोगों को मास्क पहनते हुए सावधानी बरतनी चाहिए और इसे उचित तरीके से पहनना चाहिए

अगर हम कई दफा ये देखते है कि मास्क आधा अधूरा रह जाता है या तो मास्क से सांस लेने के लिए नाक को खुला छोड़ दिया जाता है या मुंह में मतलब ठोडी के नीचे लगा दिया जाता है मास्क ये गलत तरीका है और मास्क एक बार गीला हो जाए या गंदा हो जाए तो उपयोग करना बंद कर दें डिस्पोजेबल है तो उसको फेंक दें अगर वो कपड़े का है तो उसे धोकर सुखाकर दोबारा इस्तेमाल करें और जब तक के लिए एक दूसरा मास्क आपके पास होना आवश्यक है डॉक्टर सेन ने कहा कि अगर कोई संक्रमित होता है तो उसे इस बात को छिपाना नहीं चाहिए बाईट आप जानते है कि ये भी एक ऐसी बीमारी है जो आप छिपाने से न केवल अपने आप अस्वस्थ होंगे लेकिन आपके स्वजन परिवार में आपके आस पड़ोस में जो है इनको आप इनके लिए एक डेन्जर्स करेंगे तो इससे सबसे बड़ी बात है कि निडर होकर के सामने आए जब भी हमारे सिमटम्स जो कि ऑडियो विज़ुअल प्रिंट मीडिया में और सभी माध्यम में हमें मालूम हो गया है कि जब ये आये तो हम स्वास्थ्य केन्द्र तक पहुंचे हम बताए और इसका हम टैस्टिंग कराए और जो भी डॉक्टर साहब का कहना है वो मानते हुए चले पूर्व मध्य रेल ने राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा नीट संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेन और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए की परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए आज से बीस जोड़ी मेमू डेमू और स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है इन ट्रेनों का परिचालन पन्द्रह सितम्बर तक किया जायेगा ईसीआर के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने कहा कि इन ट्रेनों के रूट पर पड़ने वाले स्टेशनों पर अनारक्षित टिकट काउंटर खोले जा रहे हैं इसके साथ ही यूटीएस ऑन मोबाइल पर भी इन स्पेशल ट्रेनों के टिकट उपलब्ध होंगे इधर रेलवे ने राज्य सरकार के आग्रह पर पटना सहरसा राजरानी सुपरफास्ट सहरसा राजेन्द्र नगर इंटरसिटी और सहरसा पाटलिपुत्रा जनहित एक्सप्रेस ट्रेन दोनों तरफ से चलाने का निर्णय लिया है केन्द्र सरकार ने देश में समेकित कोल्ड चेन और मूल्य संवर्धन संरचना के विकास के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना के तहत सत्ताईस परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है कोल्ड चेन परियोजना में बिहार समेत ग्यारह राज्यों को शामिल किया जायेगा केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कहा है कि क़षि उत्पादों को खराब होने से बचाने के लिए पर्याप्त ब्रनियादी ढांचे का प्रावधान करने से किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी

उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से कृषि आपूर्ति श्रंखला को सुचारू बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद मिलेगी इन सत्ताईस नई परियोजनाओं में कुल सात सौ तैंतालीस करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के संस्थापक और प्रमुख से कहा है कि वे विविध विचारों के बेहतर प्रतिनिधित्व के लिए दिशा निर्देश बनाएं फेसबुक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जकरबर्ग को लिखे पत्र में उन्होंने दो हजार उन्नीस के आम चुनाव में फेसबुक के रवैये पर गंभीर चिंता व्यक्त की है श्री प्रसाद ने कहा कि इस चुनाव में फेसबुक प्रबंधन ने दक्षिणपंथी विचारधारा का समर्थन करने वाले पोस्ट की पहुंच कम करने और ऐसे पृष्ठों को हटाने का बेजा प्रयास किया था श्री प्रसाद ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के साथ फेसबुक कर्मचारियों के एक समूह की सांठ गांठ से निहित स्वार्थी तथ्वों ने देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को चोट पहुंचाने की कोशिश की चुनाव आयोग ने सारण मुंगेर दरभंगा और मगध प्रमंडल के आयुक्त और जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया इस दौरान आयोग ने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारियों को कोविड उन्नीस की वजह से बनाये गये अतिरिक्त मतदान केन्द्रों पर आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है आयोग ने ईवीएम की जांच रख रखाव बूथ और मतदान कर्मियों से जुड़े अन्य पक्षों पर भी चर्चा की इधर पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए निर्वाची पदाधिकारियों के नामों की घोषणा कर दी है इस संबंध में उन्होंने आवश्यक निर्देश जारी किया है विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में चुनावी सरगर्मी बढ़ गयी है राजधानी पटना स्थित सभी पार्टियों के राज्य मुख्यालयों पर टिकट के दावेदारों की भीड़ देखी जा रही है भाजपा ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन के मद्देनजर राजकीय शोक के दौरान अपने पूर्व में तय औपचारिक कार्यक्रमों को छह सितम्बर तक स्थगित कर दिया है पार्टी के नेताओं ने कल से जन सम्पर्क अभियान शुरू किया है उधर बसपा के प्रदेश अध्यक्ष भरत बिंद ने कहा है कि पार्टी राज्य की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी गंड़क बूढ़ी गंडक बागमती महानंदा समेत राज्य की अधिकांश नदियों के जलस्तर में कमी दर्ज की गयी है जिसके बाद बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोग अपने घरों को लौट रहे हैं इधर केन्द्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंगा नदी का जलस्तर पटना के गांधी घाट और हाथीदह में खतरे के निशान से ऊपर दर्ज किया गया जबकि सोन और पुनपुन नदी का जलस्तर विभिन्न स्थानों पर खतरे के निशान के नीचे बना हुआ है प्रदेश के अधिकांश भागों में बादल छाये हुये हैं और कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने चक्रवाती हवाओं के प्रभाव के कारण पटना गया बेगूसराय पूर्वी तथा पश्चिमी चम्पारण समेत बारह जिलों में अगले चौबीस घंटों के दौरान मध्यम से तेज वर्षा होने का अनुमान है इस दौरान कुछ स्थानों पर बीस किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से हवा भी चल सकती है पितृपक्ष आज से शुरू हो गया है इस दौरान पितरों को पिंडदान और तर्पण किया जायेगा पितृपक्ष सत्रह सितम्बर को समाप्त होगा कोरोना संक्रमण को देखते हुये गया में लगने वाला विश्वप्रसिद्ध पितृपक्ष मेला को स्थगित कर दिया गया है इधर गया जिला प्रशासन ने पिंडदान के लिए आने वाले लोगों को जिले की सीमा पर रोकने का निर्देश दिया है पटना समेत आठ जिलों में सड़कों के जीर्णोद्धार की बारह योजना के लिए दो सौ पन्द्रह करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने बताया कि स्वीकृत योजना के तहत सड़कों के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण पथ परत कार्य साईड ड्रेन बॉक्स कल्भर्ट सड़क सुरक्षा से संबंधित कार्य किये जायेंगे पटना उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद आज से पटना में सभी व्यवहार अदालतें वर्चुअल के साथ साथ फिजिक्ल तरीके से भी चलेंगे जिला और सत्र न्यायधीश रूद्र प्रकाश मिश्रा ने आज से बाईस सितम्बर तक के लिए यह निर्देश जारी किया है स्वास्थ्य विभाग ने बिहार तकनीकी सेवा आयोग की अनुशंसा पर बहाल पांच हजार ए ग्रेड नर्सों में से सड़सठ की नियुक्ति रद्द कर दी है

नगर विकास और आवास विभाग के सचिव आनंद किशोर ने मोबाईल एप लान्च किया है नगर निकाय क्षेत्र के रहने वाले लोग जल जमाव और अन्य समस्याओं की शिकायत एप के माध्यम से दर्ज कर सकते हैं नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी की विशेष टीम ने पटना के जीरो माईल के पास से एक ट्रक से पांच सौ नवासी किलो गांजा के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया है पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र अन्तर्गत चौकशिकारपुर स्थित वार्ड पार्षद तारा देवी के घर आग लगने की घटना में लाखों की सम्पत्ति जल कर नष्ट हो गयी इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है जमुई जिले के सिकंदरा थाना क्षेत्र से पुलिस ने पचास लीटर देसी शराब के साथ दो युवकों को गिरफ्तार कर किया है इधर सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने हथियार के साथ तीन अपराधियों को को गिरफ्तार किया है पटना जिले में गैर सब्सिडी वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में एक रूपये की बढ़ोतरी की गयी है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 हिन्दुस्तान ने चीन सीमा पर विवाद से जुड़ी खबर को सुर्खी बनाते हुये लिखा है भारत के कब्जे में दक्षिण पैंगोंग क्षेत्र अखबार ने खबर के साथ अन्य आंकड़े भी प्रकाशित किये हैं दैनिक जागरण ने जेईई मेन परीक्षा से जुड़ी खबर को प्रमुखता देते हुये लिखा है बाढ़ और कोरोना प्रभावित छात्र फिर से दे सकेंगे मेन्स दैनिक भास्कर ने भाजपा के वरिष्ठ नेता और उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के बयान को सुर्खी बनाते हुये लिखा है न जदयू अकेले सरकार बना सकता है न भाजपा प्रभात खबर की सुर्खी है नगर निकायों के तीस हजार दैनिक कर्मियों की सेवा अवधि बढ़ी दैनिक आज ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के अंतिम संस्कार से जुड़ी खबर का शीर्षक लगाया है प्रणब दा पंचतत्व में विलीन राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है दारोगा बहाली की लिखित परीक्षा ग्यारह अक्टूबर को

चार सितम्बर तक बाढ़ प्रभावित जिलों का करेगी दौरा

अठासी प्रतिशत मरीज हुये स्वस्थ